मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

कहा मानवता के लिए विश्व को आतंक के खिलाफ एकजूट होना चाहिए

प्रदेश भर में पिछले बारह घंटों से लगातार हो रही भारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार बारिश हो रही है कई स्थानों पर तेरह से पन्द्रह सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश होगी उत्तर और पूर्वी बिहार के चौदह जिलों में भारी बारिश के मद्देनजर विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है वहीं नेपाल की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में आज से तीन दिनों तक लगभग तीस सेंटीमीटर बारिश की आशंका जतायी गयी है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर हर जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने से हालात खराब होते जा रहे हैं पटना शहर के कई मुहल्लों में जलजमाव के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों के घरों के अंदर भी बारिश का पानी प्रवेश कर चुका है सड़क के मुख्य इलाके डाक बंगला चौराहा विधानसभा परिसर कंकड़बाग बैंक कॉलोनी भूतनाथ रोड सालिमपुर अहरा बोरिंग रोड बेली रोड समेत अन्य हिस्सों में दो से तीन फूट पानी जमा हो गया है पानी में गाड़ियों के फंस जाने के कारण लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है पटना नगर निगम ने जलजमाव की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक नौ आठ एक शून्य जारी किया है इधर भारी बारिश को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है सभी सरकारी कर्मियों की छूटिटयां रदद कर दी गयी हैं इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों से चौबीसों घंटे अलर्ट रहने को कहा है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है इधर दरभंगा समस्तीपूर रेलखंड पर किशनपूर और रामभद्रपूर स्टेशनों के बीच धनहर प्रल के नीचे मिटटी धंसने से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है कई ट्रेनें रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी हैं वहीं आरा सासाराम रेलखंड पर एहतियातन कल तक के लिए दस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है भारी बारिश के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न रेल मंडलों में ट्रेनों को नियंत्रित गति से चलाया जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय मंडल अंतर्गत पटना आने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों को स्टेशनों पर ही रोक दिया गया है लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियां एक बार फिर उफान पर है

प्रशासन ने एहतियातन निकटवर्ती गांवों को खाली करने का आदेश दिया है भागलपुर और मुंगेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है इन दोनों जिलों के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण स्थिति गंभीर हो गयी है कोसी नदी का जलस्तर भी खगड़िया और सुपौल में लगातार बढ़ता जा रहा है वहीं दूसरी तरफ पटना में गंगा नदी के जलस्तर एक बार फिर बढ़ोतरी की आशंका जतायी जा रही है जिले के कई निचले इलाकों में गंगा नदी का बाढ़ का पानी फैल गया है जल संसाधन विभाग ने भारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौहत्तरवें अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और विश्व को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए बाईट आतंक के नाम पर बटीं हुई दुनिया उन सिद्वांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है और इसलिए मानवता के खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एक मत होना एक जुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है विश्व के मामलों में नयी दिशा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मांग करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहु पक्षवाद और सामूहिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए बाईट हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं जग कल्याण के लिए हो जन कल्याण से जग कल्याण और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी से जन कल्याण के भारत के नारे को अब जन कल्याण से जग कल्याण का रूप दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक कार्यक्रम की यह संतावनवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इस प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से मन की बात का मैथिली में अनुवाद प्रसारित किया जायेगा

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चार सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की पीठ ने राज्य सरकार को गाड़ियों के आरसी और ड्राईविंग लाईसेंस की जांच के लिए एक मानक प्रक्रिया अपनाने को कहा साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि बिहार जैसे राज्य में जहां लोगों की आमदनी काफी कम है वहां जुर्माने की राशि कम होनी चाहिए एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी ने समस्तीपूर लोकसभा उपचूनाव के लिए प्रिंस राज को अपना उम्मीदवार बनाया है आज इसकी आधिकारिक घोषणा की जायेगी पार्टी सूत्रों ने बताया कि वे तीस सितम्बर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे प्रिंस राज दिवंगत सांसद रामचन्द्र पासवान के पुत्र हैं

राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे प्रदेश में तेरह हजार छह सौ नये जनवितरण प्रणाली की दुकान खोलेगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि नौ लाख परिवारों को नये राशन कार्ड भी जारी किये जायेंगे

हिन्दुस्तान की सुर्खी है चक्रवाती हवा से हो रही है भारी बारिश दैनिक भास्कर लिखता है भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से रॉउंड द क्लॉक चौकसी बरतने को कहा

संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को भी सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर प्रधानमंत्री के संबोधन को शीर्षक बनाते हुए लिखता है हमने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया आतंक सबके लिए है च्रनौती

मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

कहा मानवता के लिए विश्व को आतंक के खिलाफ एकजुट होना चाहिए